गत वर्ष की त्लना में भी परिणाम बेहतर लड़कियां लड़कों से आगे रही

भारतीय जनता पार्टी की सिरसा लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार स्नीता द्ग्गल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के ईवीएम वाहनों को आग लगाने के कथित बयान की निंदा की है

परिणाम में लड़कियों ने बाज़ी मारी है

हरियाणा शिक्ष बोर्ड के अध्यक्ष डा जगबीर सिंह व सचिव राजीव प्रसार ने पत्रकार वार्ता में बताया कि परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है

उन्होंने बताया कि इस बार सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक परीक्षा में एक लाख इक्यानवे हजार पांच सौ सताईस परीक्षार्थी बैठे थे

उन्होंने बताया कि अगर पिछले पांच वर्षो के परिणाम की त्लना की जाये जो इस बार पास प्रतिशत मे काफी वृद्वि हुई है

हमारे संवाददाता ने बताया कि अव्वल आने वाले विदयार्थियों में भी लड़कों के मुकाबले लड़कियों की गिनती ज्यादा है

बोर्ड के सचिव ने बताया कि परीक्षाथिर्यो का परिणाम व अंक सूची शिक्षा बोर्ड के डिजीटल लॉकर में उपलब्ध है

प्लिस दवारारोके जाने पर केंटर व कार चालकों ने नाका तोड़कर भागने की कोशिश की किन्त् थोड़ी दूर जाकर ही काबू कर लिया गया तीनों अपराधियों की पहचान राजेश वासी गांव खेवड़ा और दिनेश वासी गांव धतीर और प्रताप निवासी गांव लिखी के रूप में हुई है

शहीद भगत बिग्रेड के कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर भिवानी के हांसी गेट के पास कार्यक्रम आयोजित कर उसमें ग्रू रविदास विश्व महापीठ के राष्ट्रीय प्रवक्ता नंदराम धनिया ने शहीद सुखदेव के चित्र पर प्ष्पाजंलि अर्पित करने के बाद अपने सम्बोधन में शहीदों के दिखाये मार्ग पर चल कर देश को मजबूत बनाने का आहवान किया उन्होंने कहा कि य्वाओं को क्रांतिकारियों व महाप्रूषों की जीवनी पढ़नी चाहिए और उनसे सीख लेनी चाहिए

भारतीय जनता पार्टी की नेता एवं सिरसा लोकसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार श्रीमती सूनिता द् द्ग्गल ने कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर दवारा ईवीएम वाले वाहनों को आग लगाने के कथित बयान की निंदा की है उन्होंने प्लिस प्रशासन से तंवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है सिरसा के पत्रकारों से बातचीत में स्नीता द्ग्गल ने कहा कि श्री तंवर बौखलाहट मे ऐसे अशांति फैलाने वाले बयान दे रहे है उन्होंने मंगाला सरपंच मामले में कहा कि अगर पार्टी के किसी कार्यकर्ता को नाजायज़ परेशान किया या धमकाया गया तो इसे बर्दाशत नहीं किया जायेगा यदि सरपंच ने क्छ गड़बढ़ किया है तो च्नाव आयोग के नियमान्सार उसकी जाचं होनी चाहिए

विदेश सचिव विजय गोखले ने आज यात्रियों के चयन के लिए कम्प्यूटरीकृत ड्रा निकाला चयनित यात्रियों को एसएमएस और ईमेल संदेश के माध्यम से सूचित किया जा रहा है

उन्होंने ब्रिटिश कंमाडर इन चीफ जनरल सर राय बूचर से सेना की कमान सभाली थी

स्वतंत्रता के बाद उन्हें मेजर जनरल के रैंक पर पदोन्त किया गया और उन्हें जनरल स्टाफ का डिप्टी चीफ निय्क्त किया गया